बरी हए आरोपियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जायेगी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा में मिर्चप्र में एक वर्ग के उत्पीड़न मामले में बीस आरोपियों को सज़ा सुनाई है उच्च न्यायालय द्वारा इन सभी अनुसूचित जाति जन जाति कानून के तहत सज़ा सुनाई गई है

ये हिंसा दो पक्षों में मामूली कहा सुनी के बाद शुरू हुई थी हमारे संवाददाता के अन्सार रोहिणी अदालत ने इस मामले में तीन लोगों को उम्र कैद की सज़ा स्नाई थी और शेष आरोपियो को छोड़ दिया था पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में आज रोहतक में राज्य स्तरीय सर्वदलीय श्रद्वाजंलि का आयोजन किया गया महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में हुई सभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सम्बोधन में श्री वाजपेयी को एक दुरदर्शी नेता बताते हए कहा कि उन्होंने राजनीति मे रहकर समाज को दिशा दी और उनके जीवन का सफर राजनीति का नहीं बल्कि सेवा का रहा म्ख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयी जी के मन में कभी निराशा का भाव नहीं आया नदियों को जोड़ने की कल्पना और सर्वशिक्षा अभियान उन्हीं की देन है इस मौके पर पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने कहा वाजपेयी पक्ष और विपक्ष का बराबर सम्मान करते थे सभा को वरिष्ठ मंत्रियों राम बिलास शर्मा कैप्टन अभिमन्यू आरएसएस नेता पवन जिंदल आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जैन व इनैलों नेता कैप्टन् इंदर सिंह ने भी सम्बोधित किया समाचार लिखे जाने तक श्रदवाजंलि सभा चल रही थी और सभागार में कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हडडा मंत्रीकृष्ण लाल पंवार कृष्ण कम्बोज व मनीष ग्रोवर भी मौजूद थे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में स्थापित होने वाले उद्योगों द्वारा प्रदेश के य्वाओ को अपनी इकाइयों में ग्र्प सी व डी के पदों पर निय्क्ति देने पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को प्रतिपदक तीन हजार रूपये का अन्दान दिया जायेगा

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में औदयोगिक विकास को गति देने की दिशा में किये गये नीतिगत परिवर्तन और प्रदेश में उपलक्ष्य आधारभूत संरचना की जानकारी देते हए बतायाकि राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म लघ् तथा मध्यम उद्योगों को विद्युत खर्च मे दो रूपये प्रति यूनिट का अन्दान दिया जा रहा है म्ख्यमंत्री मेगा फूड पार्क परियोजना का जिक्र करते हए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देना हमारी प्राथमिकता है उन्होंने निवेशकों से हरियाणा में अधिक से अधिक निवेश का आहवान किया कार्यक्रम को उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह व पंजाब की अतिरिक्त म्ख्य सचिव विनी महाजन ने सम्बोधित किया

राज्य चौक्सी ब्यूरों के प्रवक्ता के अन्सार मारे गये छापे के आधार पर ब्यूरो के भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी हरियाणा विधानसभा की बैठक आगामी सात सितम्बर के बाद दोपहर दो बजे चंडीगढ़ में होगी इससे पहले विधानसभा सत्र सत्रह अगस्त को श्रू होना था लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था विधानसभा की सलाहकार समिति की बैठक में सात सितम्बर से शुरू हो रहे सत्र का कार्यक्रम तय किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परसो इस रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार सांझा करेंगे

इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और डी डी न्यूज के यू टयूब चैनलों पर भी स्ना जा सकता है

आदित्य इसां की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि उसकी जायदाद का जब्त करने की कार्रवाई चल रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जायेगा जिससे कड़ु राज भी ख्लेंगे प्लिस महानिदेशक ने कहा कि प्लिसने बड़ी बहाद्री व निर्भीकता से हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ चालान पेश किये है जो आरोपी बरी किये गये है उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जायेगी कई आरोपियों पर देशद्रोह की धारा हटने बारे प्रछने पर श्री संधू ने कहा कि जो वास्तविक दंगा आरोपी है उनके खिलाफ देश द्रोह की धारा के तहत ही म्कदमा चलेगा और सजा भी दिलवाई जायेगी

रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने प्रूषों के टेनिस के डबल मुकाबले में कज़ाकिस्तान को हराकर स्वर्ण जीता वहीं महिला कबड्डी टीम को ईरान के साथ हये म्काबले में जीत दर्ज करने के बाद रजत पदक मिला हिना सिस्धू ने महिला दस मीटर एयर पिस्टल् म्काबले में कांस्य पदक प्राप्त किया

हरियाणा सरकार ने रक्षा बंधन के मौके पर राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं को निश्ल्क यात्रा स्विधा देने का निर्णय किया है

परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने बतायाकि यह स्विधा राज्य परिवहन की साधारण बसों में किसी भी एक स्थान से द्रसरे स्थान तक उपलबध होगी इससे दिल्ली व चंडीगढ़ भी शामिल है

आकाशवाणी द्वारा संकलित भारतीय संस्कृति के विभिन्न संस्कार गीतों के प्रकाशन के लिए आकाशवाणी और साहित्य अकादमी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है आकाशवाणी पिछले तीन सालों से बीस हजार से अधिक संस्कार गीतों का संकलन कर रहा है साहित्य अकादमी इन गीतों का प्रकाशन निश्ल्क करेगी और बदले में आकाशवाणी को दस प्रतिशत रायल्टी देगी

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने लोगों के घर के नजदीक इंसाफ दिलाने के लिए गुरूग्राम में एक बैंच स्थापित करने का निर्णय लिया है आज हिसार में आयोग के अध्यक्ष एस के मित्तल ने कहा कि दक्षिण हरियाणा से लोगों को शिकायतों के समाधान के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता है